ट्रेन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज इन्दौर में आयोजित एक कार्यक्रम में इंदौर से दिल्ली रोहिल्या साप्ताहिक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया साथ ही अगले सप्ताह से इंदौर से बीकानेर के लिए चलने वाली एक नई रेलगाड़ी की भी घोषणा की इन रेलों के चलने से इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा इसके पहले श्रीमती महाजन ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थांवरचंद गेहलोत के साथ महू से हेरीटेज रेलवे लाईन का अवलोकन भी किया

राज्य शासन ने आज प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिये मंत्रीगण को जिले निर्धारित कर दिये हैं विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति नरसिंहपुर में और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना काँवरे बालाघाट में ध्वजारोहण करेंगी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार श्रीमती इमरती देवी ग्वालियर श्री जीतू पटवारी इंदौर श्री लखन घनघोरिया जबलपुर जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी आँगनबाड़ियों में बिजली और पानी की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि कहीं कोई परेशानी आ रही हो तो वे स्वयं ऊर्जा मंत्री से इस संबंध में चर्चा करेंगी इमरती देवी ने कहा कि शासन द्वारा बालिकाओं में स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देने की योजना को मूर्तरूप दिया जा रहा है

भाजपा बैठक भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है मध्यप्रदेश में विधानसभा में हार के बावजूद लोकसभा में हमारी जीत होगी चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने आज भोपाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में यह बात कही बैठक में पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने पदाधिकारियों और नेताओं के साथ चुनाव की तैयारी और विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन किया

उन्होंने कहा कि ऋण माफी प्रक्रिया में फर्जी ऋण देने के कई मामले सामने आये हैं हम इनकी जांच करवा रहे हैं और जो भी जिम्मेदार है उन पर सख्त कार्यवाई करेंगे चुनाव तारीख लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में किया जा सकता है सूत्रों से खबर है कि अभी आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि लोकसभा चुनाव कितने चरणों में कराया जाए

उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देगा इस बात की भी संभावना है कि आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश ओडिशा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न करा ले आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर के चुनाव भी करा सकता है क्योंकि वहां अभी राष्ट्रपति शासन लागू है

नई दिल्ली में संवाददाताओं से आज बातचीत में इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने बताया कि नवाचार और सुजनात्मकता को बढ़ावा देने तथा अंतरिक्ष यान उद्योग को सशक्त करने के लिए इसरो ने इस वर्ष कई योजनाएं बनाई हैं

इस कार्यशाला में काठमाण्डू में पदस्थ प्रसार भारती के विशेष संवाददाता राजकुमार द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाताओं को मोबाइल जर्नलिज्म से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराया गया

दिल्ली में दूरदर्शन समाचार के निदेशक कृपाशंकर यादव ने कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वसनीयता हमारी धरोहर है बदलते वक्त के साथ मोबाइल ने पत्रकारिता को आसान कर दिया है

मौसम प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है हालांकि दिन के तापमान में मामूली सी वृद्धि के कारण राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में धप में तेजी रही भोपाल इंदौर उर्ज्जन और चम्बल संभागों के जिलों में तापमान सामान्य रहा तथा शेष संभागों के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई

होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है वहीं गुना जिले में सुबह और शाम तेज ठंड पड़ रही है हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है

प्रदेश में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां शुरू मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में तिरंगा फहरायेगें इसरो जल्दी ही अंतरिक्ष में दो मानवरहित मिशन भेजेगा